प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि बातचीत के दौरान कोरोना की स्थिति और कोरोना टीकाकरण शुरू करने के बारे में विचार विमर्श हो सकता है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे देश के औषध महानियंत्रक ने भारत में निर्मित कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है इन टीकों की सुरक्षा और प्रभाव के मूल्यांकन के बाद यह निर्णय किया गया है सरकार टीका तैयारियां केन्द्र सरकार ने आज कहा कि वह राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू करने के बारे में राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य सभी संबंधित पक्षों के घनिष्ठ सहयोग से जोरों से तैयारियां कर रही हैं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण का यह अभियान सोलह जनवरी से शुरू हो रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में को विन सॉफ्टवेयर के संचालकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की यह सॉफ्टवेयर कोरोना टीके को देश के दूरदराज इलाकों तक पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कोरोना से निपटने के लिए गठित टेक्नॉलोजी और डेटा प्रबंधन संबंधी अधिकार प्राप्त समूहों के प्रमुख रामसेवक शर्मा ने कहा कि राज्यों को सलाह दी गयी है कि वे लाभार्थियों से अपने मौजूदा मोबाइल फोन नम्बरों को आधार से जोड़ लेने को कहें ताकि टीकाकरण के लिए उनका पंजीयन हो सके और इससे संबंधित जानकारियां एसएमएस के जरिये उन्हें मेजी जा सकें श्री शर्मा ने कहा कि टीकाकरण के लिए व्यक्ति की स्पष्ट पहचान होना और टीकाकरण का डिजीटल रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है शिक्षा दिशा निर्दे श केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोरोना महामारी की वजह से विस्थापित हुए बच्चों की पहचान करने स्कूल में उनके दाखिले और उनकी शिक्षा जारी रखने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से स्कूल छोड़ चुके बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को रणनीति बनानी चाहिए मंत्रालय के अनुसार महामारी की वजह से स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ने या दाखिला न ले पाने से उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों का मुख्य जोर शिक्षा में व्यवधान वाले बच्चों की पहचान करना इस तरह के बच्चों की शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था करना और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए दाखिला अभियान चलाने पर दिया गया है इसके अलावा इस बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने पर भी दिशा निर्देशों में बल दिया गया है निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश कोरोना महामारी की वजह से पढ़ाई छोड़ने वाले छह से अट्ठारह वर्ष के बच्चों का पता लगाएगी इसके लिए स्वयंसेवकों स्थानीय अध्यापकों और सामुदायिक भागीदारी की मदद ली जाएगी ये लोग घर घर जाकर इस तरह के बच्चों का पता लगाएंगे और उनको स्कूलों में दाखिल कराने के लिए कार्य योजना बनाएंगे दिशा निर्देशों में बच्चों के माता पिता और अभिभावकों में जागरूकता पैदा करने और बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाने तथा बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया है लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रसारित मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की चौदहवीं कड़ी में इस बार यूवाओं से रूबरू हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की प्रतिमा को सवारने और उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार अपने प्रयासों में कमी नहीं करेगी मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार प्रदेश में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन का निर्णय लिया है एक मंच की बात आप लोगों ने की है तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पहली बार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन का निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत साहित्य अकादमी कला अकादमी आदिवासी और लोककला अकादमी छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी आदि संस्थाएं काम करेंगी हमारा प्रयास है कि यह काम जल्दी से आगे बढे ताकि आप लोगों को सही मंच मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहन मिल सके इसके अलावा साहित्यकारों कलाकारों और उनके परिवारजनों को सहायता देने के अनेक प्रावधान भी हैं हमने स्थानीय कला संस्कृति को महत्व देते हुए यह कोशिश की है कि हमारे स्थानीय कलाकारों को भरपुर अवसर मिले मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों और पंचायतों में राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा रहा है इसके माध्यम से युवाओं के सर्वागीण विकास का कार्य किया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में स्थानीय विशेषता के अनुसार प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित किए जाने और इसमें उद्योगों की मदद लिए जाने की योजना है श्री बघेल ने बताया कि कौशल विकास योजना के तहत पिछले दो वर्षो में छियालीस हजार से अधिक युवाओं ने प्रशिक्षण लिया है जिसमें से करीब तेईस हजार युवाओं ने अपना काम शुरू कर दिया है उन्होंने कहा कि युवाओं की सुविधा के लिए सरकार ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप शुरू किया है जो प्रशिक्षित युवा और रोजगार देने वालों के बीच पुल का काम कर रहा है लोकवाणी में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को स्व रोजगार के लिए भी आगे आना चाहिए इसके लिए राज्य सरकार ने सर्वांगीण विकास की नीति अपनाई है ताकि छोटे बडे हर स्तर पर लोगों को काम भिल सके उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीते दो वर्ष में बेरोजगारी दर बाईस प्रतिशत से घटकर दो से चार प्रतिशत के बीच रह गई है श्री बघेल ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ई श्रेणी पंजीयन योजना की शरूआत की गई है

रेडियोवार्ता लोकवाणी में मुख्यमंत्री ने बारह जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर उनकी प्रेरणादायक शिक्षाओं और सीख की चर्चा भी युवाओं के साथ की

समारोह के तीन राष्ट्रीय विजेता इस दौरान विचार व्यक्त करेंगे राष्ट्रीय युवा संसद समारोह का उद्देश्य अटठारह से पच्चीस वर्ष के युवाओं की आवाज को सुनना है वहीं प्रधानमंत्री मंगलवार को ही राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय बारह जनवरी से देश में एक सप्ताह के राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वर्चुअल आयोजन कर रहा है मुख्यमंत्री प्रवास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस वर्ष से कोदो कूटकी का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा आज बीजापुर में आयोजित आमसभा में मुख्यमंत्री ने कटरू और गंगालूर को तहसील बनाने की घोषणा भी की उन्होंने बीजापुर में बारह तालाबों के उन्नयन और सौंदर्यीकरण के लिए राशि स्वीकृत की इससे पहले मुख्यमंत्री ने नारायणपुर प्रवास के दूसरे दिन आज फूलझाड़ प्रोसेसिंग केन्द्र का अवलोकन किया इस दौरान श्री बघेल ने महिलाओं से फूलझाड़ के लिए कच्चे माल और उन्हें मिलने वाली मजदूरी के बारे में जानकारी ली मुख्यमंत्री ने आज मलखंभ के खिलाड़ियों के रोमांचक प्रदर्शन को भी देखा इस मौके पर उन्होंने कहा कि मलेखंम खिलाड़ियों के लिए डीएमएफ मद से बेहतर डाइट की व्यवस्था की जाएगी उन्होंने कहा कि मलखंभ के खिलाड़ी पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम रौशन कर रहे हैं वहीं मुख्यमंत्री ने कल नारायणपुर और कांकेर जिले को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के चौड़ीकरण की घोषणा की इस दौरान उन्होंने नारायणपुर में मंगल भवन का निर्माण करने बंध्रवा तालाब के सौंदर्यीकरण और गहरीकरण के लिए छह करोड़ रूपये स्वीकृत करने की घोषणा भी की वहीं नारायणपूर में पूलिस परिवार द्वारा स्थापित पेट्रोल पम्प में मुख्यमंत्री ने पहले ग्राहक की गाड़ी में स्वयं पेट्रोल डालकर बिल बुक से पर्ची काटकर ग्राहक को सौंपा इससे पहले श्री बघेल ने इस पेट्रोल पम्प का उद्घाटन भी किया इस नवनिर्भित पेट्रोल पम्प में सभी कार्यरत् कर्मचारी महिलाएं हैं मुख्यमंत्री ने अपने प्रवास के दौरान डीआरजी पुलिस के जवानों से भी मुलाकात की और उन्हें नववर्ष की बधाई दी इस मौके पर उन्होंने कहा कि माओवादी समेस्या खत्म करने नवयुवर्को को मुख्यधारा में लाने के प्रयास किए जाने चाहिए साथ ही गांवों में शिविर लगाकर ग्रामीणों को समझाइश दी जानी चाहिए इसके अलावा मुख्यमंत्री रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नारायणपुर के अधिकांश क्षेत्र का सर्वे नहीं हुआ है लेकिन राज्य सरकार सबको पट्टा देने की दिशा में काम कर रही है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर व्यक्ति के विकास उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परसों बारह जनवरी को दुर्ग भिलाई के प्रवास पर रहेंगे इस दौरान वे रिसाली जामुल खूर्सीपार भिलाई सेक्टर एक भिलाई सिविक सेंटर भिलाई सेक्टर पांच और दर्ग में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे बर्ड फ्लू परामर्श केन्द्र सरकार के पशुपालन और डेयरी उद्योग विभाग ने बर्ड फ्लू संभावित राज्यों को बीमारी का फैलाव रोकने के लिए परामर्श जारी किया है सात राज्यों केरल राजस्थान मध्यप्रदेश हिमाचल प्रदेश हरियाणा गुजरात और उत्तरप्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है मंत्रालय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ से भी पक्षियों की असामान्य मृत्यु की खबर मिली है मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों के पशुपालन विभागों को स्वास्थ्य विभाग के साथ बीमारी की स्थिति को लेकर प्रभावी संवाद करना चाहिए जलाशयों मुर्गा मंडियों चिड़ियाघरों मुर्गी फॉर्मो पर निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए और मरे हुए पक्षियों का उचित निपटारा किया जाना चाहिए इधर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गिधाली गांव स्थित एक निजी पोल्ट्री फॉर्म में दो सौ से अधिक मूर्गियों की असामान्य तरीके से मौत होने की खबर भिली है वहीं दल्लीराजहरा में आज फिर तीन कौवे मृत पाए गए हैं इन्हें भिलाकर अब तक सोलह कौवों की मौत हो चुकी है वहीं राजनांदगांव जिले के छुरिया रेस्ट हाउस के सामने भी एक कौवा मुत मिला है इस बीच रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने जिले में पूरी सतर्कता और सुरक्षा बरतने के निर्देश दिए हैं इस सिलसिले में आज जिला स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम ने नया रायपुर स्थित जंगल सफारी का भ्रमण किया इस दौरान टीम ने जलीय पक्षियों के आवास क्षेत्र का भी निरीक्षण किया धान कार्रवाई प्रदेश में चालू खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जारी है वहीं अवैघ धान के भंडारण और परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है इसी कड़ी में महासमुंद में आज राजस्व और खाद्य विमाग की टीम ने दो अलग अलग मामलों में पचास बोरा धान जब्त किया है जिले में अब तक अवैध धान भंडारण और परिवहन के एक सौ अंठावन प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं वहीं करीब चार हजार क्विंटल धान जब्त किया गया है इधर राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ के अछोली धान खरीदी केन्द्र में जिला प्रशासन ने मालवाहक सहित पचहत्तर कटटा धान जब्त किया है वहीं दूर्ग पुलिस ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दो सौ पचास क्विंटल चावल सहित एक ट्रक जब्त किया है चावल को कीमत करीब दस लाख रूपये बताई जाती है

मौसम प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के आसार है जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के बैज्ञानिक एचपी चन्द्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि दक्षिण से आ रही गर्म हवाओं के कारण वर्तमान में राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है

इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री ने वेबीनार के माध्यम से बस्तर दंतेवाड़ा सुकमा कांकेर और बीजापुर जिले में कार्यरत् शिक्षकों से सीधा संवाद कर उनके विचारों को जाना इस मौके पर शिक्षकों ने स्कलों को खोले जाने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार शाला प्रबंधन समितियों को दिए जाने का आग्रह किया ताकि स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर और पालकों के साथ चर्चा कर उचित निर्णय लिया जा सके श्री टेकाम ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सौ दिवसीय कार्यक्रम में रोचक गतिविधियों और स्थानीय सामग्री का उपयोग कर सरल तरीके से किस प्रकार पढ़ाया जा रहा है इसकी भी जानकारी ली संक्षिप्त समाचार गूजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी के निधन पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अहमदाबाद के कांग्रेस भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग में सदस्य नियुक्त नीलम चंद सांखला ने आज पदभार ग्रहण किया दूर्ग जिले के सर्व गुजराती समाज द्वारा मकर संक्रांति उत्सव का आयोजन किया गया इस दौरान पतंगबाजी भी की गई बेमेतरा के खादी ग्राम उद्योग विभाग में पदस्थ सहायक संचालक को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर रायपुर कार्यालय में अटैच कर दिया गया है बलरामपुर जिला विकित्सालय में नेत्र ओटी का शुभारंभ हुआ इस दौरान पंद्रह मरीजों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया महासमुंद जिले के स्पेशल साइबर सेल ने चोरी और गुम हुए एक सौ पंद्रह मोबाइल फोन बरामद किए हैं इनकी अनुमानित कीमत लगभग बीस लाख रूपये बताई जाती है गरियाबंद वनमंडल में वन विमाग ने मिट्टी की अवैध खुदाई कर रहे एक जेसीबी को जब्त किया है